मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान योजना को सफल बनाने के लिए सबके सहयोग की अपील की

हादसे में घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राममनोहर लोहिया और हिन्दूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिस मकान में आग लगी थी पुलिस ने उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है

दिल्ली सरकार ने दूर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा किया उन्होंने मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रूपये और घायलों को एक एक लाख रुपये का मुआवजा देने तथा निशुल्क उपचार की घोषणा भी की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में पीडित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनो को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबंधित अधिकारियों को पिडितों की जल्दी से ँजल्दी सहायता पहंचाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और अस्पताल में भर्ती घायलों के शीघ स्वास्थ्य लाभ की कामना की है

अधिकरण ने सभी राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों को चेतावनी दी है अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो गंगा नदी में प्रति नाला पांच लाख रूपये प्रति महीने के हिसाब से जुर्माना देना होगा एनजीटी ने मुख्य सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि उसके दिशा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए संस्थागत मैकेनिज्म अपनाया जाए

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा कि गांवों में स्वरोजगार गांधी जी का सपना था और हम इस दिशा में आगे बढ रहे हैं

आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने कुरूक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को श्भकामनायें दी उन्होंने कहा कि गीता के उपदेश वर्तमान में भी प्रासंगिक है इस अवसर पर जैसलमेर में येज्ञ का आयोजन किया गया और टोंक में ढाई हजार गीता की प्रतियां वितरित की गई

के सात अवैध ट्रांसफार्मर पकड़े गये

मैदानी भागो में पांच दशमलव पांच डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सीकर सबसे ठण्डा स्थान रहा